केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य में भाजपा सरकारों के डब्बल ईजन से हिमाचल प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा

इस वर्ष का विषय है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी यह दिन प्रतिवर्ष मादक पदार्थों के सेवन को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिरियों को संबोधित करेंगे पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था खुशहाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक मौजूद रहेंगे पुलिस विभाग ने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं कल्लू जिला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने लोगों को नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में भागीदारी बन कर अपने आसपास नशे का सेवन करने वालों की जानकारी पुलिस को देने का आहवान किया है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के फैसलों और कोरोना से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है पीटीए पैट पैरा टीचर पक्के हिमाचल कैबिनेट ने दी सैद्वांतिक मंजूरी करीब दस हजार शिक्षकों को लाभ

हिमाचल दस्तक का कहना है कोरोना संकट में बिजली महंगी वाहन पंजीकरण तीन गुना बढ़ा आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल मंत्रिमंडल ने लिए अहम फैसले पीटीए पैट और पैरा शिक्षकों को नियमितीकरण का तोहफा दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है पर्यटन उद्योग को मंदी से बाहर निकालने की कोशिश में सरकार एक करोड़ तक की कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान देगी सरकार

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं जिला कांगड़ा के बीमार ने नेरचौक मेडिकल कालेज में तोड़ा दम